न्यायालय ने ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक प्रदृषण वाले पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी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 उच्चतम न्यायालय ने आज यह निर्णय देशभर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए पटाखों के उत्पादन और उनकी बिक्री पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका पर दिया

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने व्यवस्था दी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के मुद्दे पर वृहद पीठ के समक्ष सुनवाई होनी चाहिए पीठ निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी केन्द्र सरकार की ओर से अटोर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद के दुरूपयोग का कोई मामला सामने नहीं आया है

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि उसे यह आदेश इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि राजस्थान सरकार इस मुद्दे को बहत हल्के में ले रही है

न्यायालय ने कहा कि इन पहाडियों का न रहना दिल्ली में प्रदृषण बढने का कारण भी हो सकता है न्यायालय की पीठ ने राजस्थान के मुख्य सचिव को हिदायत दी कि इस आदेश की पालना का शपथ पत्र दाखिल करें

श्री गहलोत ने आज नई दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का उदघाटन करते हुए कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चला रही है

भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार भाजपा सरकार थीम को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव मैदानमें उतरी है

उन्होंने कहा कि भाजपा वसुंधरा राजे के नतृत्व में चुनाव लड रही है वहीं कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है

श्री गांधी कल सुबह झालवाड पहुंचेंगे वहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वे कोटा पहुंचेंगे और वहां रोड शो करेंगे इस दौरान वे विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे रात को श्री गांधी कोटा में जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि श्री गांधी गुरूवार को सीकर में जनसभा को संबोधित करेंगे

इस बीच आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के सीकर दौरे की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि प्रदेश में भाजपा के पास जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है श्री पायलट ने बताया कि इस महीने के अंत में या अगले महीने के पहले सप्ताह में कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो जाएगी

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री कमार ने बताया कि अभी तक आचार संहिता के उल्लंघन की कोई बडी शिकायत आयोग को नही मिली है उन्होंने बताया कि पोस मशीनों से निकलने वाली रसीदों से जुडी कांग्रेस की आपत्ति को निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया है

डूंगरपुर जिले में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्काउट द्वारा भी कई कार्यकम आयोजित किए जा रहे हैं सवाईमाघोपुर के सूरवाल में स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों से अपने परिजनों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने की अपील की गई

दो दिन के महोत्सव का शुभारंभ मेहरानगढ़ के जयर्पोल के सामने सूर्य अराधना के साथ हुआ

श्री कटारिया ने आज जयपुर में पत्रकारों से कहा कि प्रकरण में दोनों पक्षों की बात सुनने तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आर्न के बाद मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने उनके वित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत और विधायक नरपत सिंह राजवी तथा घनश्याम तिवाड़ी सहित विभिन्न नेताओं ने पूर्व उपराष्ट्रपति को श्रद्वापूर्वक याद किया

वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों से रूबरू हुए डॉ शर्मा ने समयबद्द कार्यनिष्पादन और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन से समन्वय बनाने के निर्देश दिए